कंटेनमेन्ट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी गई हैं नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ानों पर प्रतिबन्ध रहेगा

सभी स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी जा सकती है केवल होम डिलीवरी देने वाले रेस्तरां खोलने की अनुमति होगी मिठाई की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन इन दुकानों में बैठकर खाने पर प्रतिबन्ध रहेगा

खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा सभी तरह की सामूहिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध रहेगा राज्य में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बन्द रहेंगे प्रदेश में परिवहन के सम्बंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो व्यक्ति ही सफर कर सकेंगे चार पहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उन्हें भी चलने की अनुमति होगी दुपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति चल सकता है लेकिन अगर कोई महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी तिपहिया वाहनों में चालक के अलावा दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति है सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा प्रदेश में बारातघरों को खोलने की अनुमति दी गई है शादी समारोह में केवल बीस लोग शामिल हो सकेंगे इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति दी है शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लगाई जा सकेंगी मुख्य सब्जी मंडियों को सुबह चार बजे से सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी

सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ बजे से शाम छ बजे तक खोला जा सकेगा राज्य सरकार ने प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खोलने की अनुमति दी है प्रदेश सरकार ने कंटेनमेन्ट जोन को नए तरीके से परिमाषित किया है शहरी क्षेत्रों में जहां एक संक्रमण का मामला है उसके ढाई सौ मीटर दायरे या पूरे मुहल्ले को कंटेनमेन्ट जोन माना जाएगा एक से ज्यादा संक्रमण के मामले होने पर पांच सौ मीटर तक का दायरा कंटेनमेन्ट जोन में आएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण का एक मामला मिलेगा वहां राजस्व ग्राम सम्बंधित मजरा कंटेनमेन्ट जोन होगा एक से अधिक मरीज मिलने पर पूरे राजस्व ग्राम को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अब तक सोलह लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की राज्य में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गयी है श्री योगी ने कहा कि अब तक छः सौ छप्पन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश में पहुंच चुकी हैं जिनसे साढ़े आठ लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को लाया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो दिनों के दौरान दो सौ अट्ठावन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां और प्रदेश में पहंचेंगी इस तरह नौ सौ चौदह रेलगाड़ियों से श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए बारह हजार बसों का प्रबंध किया गया है श्री योगी ने कहा कि कोई भी राज्य श्रमिकों से किराया न वसूले उनके किराये का भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढाने का निर्णय सही लिया गया है अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की

ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी घर में अगर लोग बाग है तो इसके तरीके बतलाए गए हैं ईद की नमाज आप किस तरह से घर पर अदा करिये किसी किस्म भी कहीं हमको बाहर के सोशल विस्टेसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिलें वरना कोशिश कीजिए कही किसी से मुलाकात न हो और ये सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए पूरी दुनिया के लिए

अयोध्या जिले में कोरोना संक्रमण के अट्ठारह नए मामले सामने आए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सदर तहसील में छं सोहावल तहसील में पांच मिल्कीपुर तहसील में तीन और बीकापुर व रूदौली तहसील में एक एक व्यक्ति में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि हुई है आजमगढ़ जिले की एक गर्मवती महिला और संतकबीरनगर के एक व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर तेईस हो गयी है सोशल मीडिया में एक महिला के बारे में फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है वीडियो में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान यह महिला अपने शिशु के साथ रेलगाड़ी के दो डिब्बों के जोड़ पर बैठकर यात्रा कर रही है पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो बहुत पुराना है और बांग्लादेश का है भारत का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है